इस विशेष सत्र के दौरान संसद में हाल ही में पारित किए गए कृषि सुधार से संबंधित तीन विधेयकों के संबंध में एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा आज हई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के इस विशेष सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया इस बीच कल से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस विशेष सत्र को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के रायपुर स्थित निवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के अन्य विधायक शामिल हए बैठक में राष्ट्रीय राज्य सरकार द्वारा पेश किये वाले संभावित नए कृषि विधेयक पर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए तीन कृषि विधेयकों को लागू न करते हुए अपने प्रस्तावित नए कृषि कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें किसानों के हित के बदले मंडी की आमदनी के विषय पर ही अधिक जोर दिया गया है मंत्रिपरिषद बैठक राज्य मंत्रिपरिषद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जल जीवन मिशन से संबंधित सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में औद्योगिक नीति दो हजार उन्नीस दो हजार चौबीस में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इसके तहत वनोपज हर्बल और वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण तथा उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाएंगे बैठक में विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी गई इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम दो हजार पंद्रह में भी संशोधन का अनुमोदन किया इसमें उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन एक रूपए प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि पर किसी लीज रेंट और सिक्यूरिटी डिपॉजिट के बिना ही किया जाएगा इसी तरह औद्योगिक भूमि भवन शेड प्रकोष्ठ और लैण्ड बैंक से भूमि आवंटन के बाद नियमन और प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया गया है वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जो उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया खेल अधोसंरचना केन्द्र सरकार के युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत अम्बिकापुर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल के निर्माण और महासमुन्द में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है ये दोनों प्रस्ताव राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए थे इसके तहत अम्बिकापुर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल के निर्माण के लिए साढ़े चार करोड़ रूपए और महासमुन्द में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण के लिए छह करोड़ साठ लाख रुपए जारी किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने प्रस्ताव स्वीकृत होने पर प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है

इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है देश में सत्ताईस अक्टूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों सुधारों और निवारक सतर्कता उपायों के जरिये भ्रष्टाचार से निपटने में समर्थ होने के लिए को व्यवस्थित साझा मंच उपलब्ध कराता है इधर छत्तीसगढ़ में भी कल से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा इसके तहत सभी शासकीय कार्यालयों में कोरोना महामारी के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर को किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले से इस योजना की शुरूआत करेंगे योजना के तहत राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट पहुंचकर स्लम बस्तियों के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकायों के लिए ग्यारह मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी इसके तहत पहली मोबाइल एंबुलेंस आज दुर्ग पहुंची योजना के संचालन के लिए निजी एजेंसियों की सेवाएं ली जाएगी जिला स्तर पर निगरानी टीम योजना की मॉनिटरिंग करेगी इस मोबाइल एंबुलेंस में चिकित्सक एएनएम लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट मौजूद रहेंगे दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कहा कि योजना के तहत इकतालीस प्रकार के खून जांच और बीमारियों के इलाज की सुविधा रहेगी मरवाही बैठक मरवाही में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के तहत ऐसे मतदाता जो डाक मतपत्र के माध्यम से अब तक मतदान नहीं कर पाए हैं उन्हें कल यह सुविधा फिर से प्रदान की जाएगी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार पात्र मतदाताओं को कल एक बार पुनः डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी इस बीच मरवाही में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल बैठक ली बैठक में उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सामग्रियों के वितरण की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए उन्होंने मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग के लिए सभी आवश्यकव्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भी बैठक ली इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस मतदान केन्द्र में पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जाएगा उसे उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिए मतदान अभिकर्ता को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए मतदान केन्द्र में एक समय में एक पार्टी के एक ही एजेंट को बैठने की अनुमति होगी उन्होंने कहा कि अट्ठाईस अक्टूबर को विकासखंडवार बारह बजे सभी पोलिंग एजेंटों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा

आज सुबह कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल स्थित लालपुर गांव में हाथी के एक बच्चे का शव तालाब के किनारे पड़ा हुआ मिला मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में बीते करीब दस महीनों के दौरान हाथी के दो बच्चों और एक मादा हाथी की मौत हो चुकी है आज की घटना को मिलाकर पिछले पांच महीनों के दौरान प्रदेश में चौदह हाथियों की मौत हो चुकी है गौरतलब है कि कोरबा के अलावा गरियाबंद रायगढ़ सूरजपुर महासमुंद जशपुर धमतरी और बलरामपुर जिलों में भी हाथियों की मौत की घटनाएं हो चुकी हैं इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पिछले पांच महीनों के दौरान चौदह हाथियों की मौत के लिए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश के ऐसे ग्राम जनपद और जिला पंचायतों में जहां दिव्यांग प्रतिनिधि चुनकर नहीं आए हैं वहां इस वर्ग के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएंगे ग्राम और जनपद पंचायतों में एक एक तथा जिला पंचायतों में दो दिव्यांग प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाएगा आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्रामसभा में श्री सिंहदेव ने कल श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए उन्होंने पेसा कानून के बारे में बताया कि कोरोना महामारी के कारण इसकी तैयारियों में विलंब हो रहा है सरकार इससे संबंधित सभी पक्षों से चर्चा कर पेसा कानून लागू करने के लिए नियम बनाएगी इस प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा मनरेगा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनकी रुचि के अनुसार उनका कौशल विकास कर उन्हें मनरेगा के तहत काम दिलाने की कोशिश की जा रही है कोरोना समाचार जागरूकता होम आइसोलेशन के दुर्ग मॉडल को इस सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के फीडबैक सर्वे में पहला स्थान मिला है दुर्ग जिले को फीडबैक सर्वे में इंक्यावने फीसदी अंक मिले हैं सर्वे टीम ने इस संबंध में करीब पांच लोगों से फीडबैक लिया था उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित करीब आठ हजार मरीज होम आइसोलेशन में थे इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश कुमार चौहान ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

कोंडागांव जिले के मस्सुकोकोड़ा गांव में बीती रात ट्रक और चारपहिया एक वाहन के बीच हुई आपसी भिडंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं राजनांदगांव जिले के चिचोला थाना क्षेत्र में रानीतालाब घाघरा मंदिर के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई इस दुर्घटना में परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे छुरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है उधर रायगढ़ सांरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह चिखली और रैबार के बीच कार और ट्रेलर में भिडंत होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए इसी जिले के खरसिया के बड़े डूमरपाली गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज भी छत्तीसगढ़ में श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजनांदगांव जिले में अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति की ओर से स्टेट हाईस्कूल मैदान में दस फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा समिति के पदाधिकारी ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सअप पर किया जाएगा जिसे लोग घर बैठे देख सकेंगे इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने रावण दहन के कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत दशहरा मैदान में केवल रावण के पुतले का दहन किया जाएगा आयोजन स्थल पर आगंतुकों का विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर रखा जाएगा सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा जिला प्रशासन द्वारा पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी इस बीच राजनांदगांव स्थित पुलिस लाइन में आज पुलिस अधीक्षक डी श्रवण और अन्य पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजा कर लोगों की रक्षा का संकल्प लिया वहीं महासमुंद जिले में भी विजयदशमी के अवसर पर रक्षित केन्द्र पुलिस लाइन परसदा सहित जिले के सभी थाना और चौकियों में शस्त्र पूजन किया गया बस्तर दशहरा मावली परघाव इस बीच ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के अंतर्गत आज रात भीतर रैनी की रस्म अदा की जाएगी इस रस्म में आठ पहिये वाले दो मंजिला विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को रखकर विधि विधान से परिक्रमा कराई जाती है परंपरानुसार इस रथ को चोरी कर आदिवासी कुम्भड़कोट के जंगल ले जाएंगे इससे पहले कल रात मावली परघाव की रस्म अदा की गई पूजा विधान कुटरू बाड़ा के पास पूरी हुई

मौसम प्रदेश में अब शुष्क हवा आने के साथ ही मानसून की विदाई पूरी हो चुकी है मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है हालांकि रात में कुछ ठंडक भी महसूस होने लगी है संक्षिप्त समाचार पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज जशपुर जिले के बगीचा थाना में पदस्थ एक एसआई और आरक्षक को रिश्वत लेने के मामले में निलंबित कर दिया है बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत कमलपुर के पंचायत सचिव के खिलाफ बारह लाख रूपये गबन करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है